राज्य में विघानसभा चुनाव के लिये कल नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के साथ ही राजनैतिक सरगर्मी हो जायेगी तेज विधानसभा चुनाव के लिये भाजपा के प्रत्याशियों की पहली सूची आज हो सकती है जारी कांग्रेस की सूची कल जारी होने की संभावना कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया भाजपा ने आरोपो का खण्डन किया जालौर जिले में नर्मदा नहर का पानी आज से रबी फसल की सिंचाई के लिये छोडे जाने की शुरूआत प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी मौसम विभाग ने दो दिन बाद सर्दी बढ़ने की जताई संभावना

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के आज एक सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि युद्ध से होने वाले विनाश पर स्थाई विराम लगना चाहिए श्री मोदी ने अपने संदेश में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले जाबांज भारतीय सिपाहियों का स्मरण किया इस अवसर पर आज फ्रांस की राजघानी पेरिस में आयोजित समारोह में लगभग सत्तर देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं इनमें अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले दिव्यांग को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट और श्रेष्ठ प्रस्कार से सम्मानित किया गया थाईलैंड ने सर्वाधिक छह पुरस्कार हासिल किये जबकि पांच पुरस्कारों के साथ वियतनाम दूसरे स्थान पर रहा भारत को तीन पुरस्कारों के साथ तीसरा स्थान मिला इस अवसर पर श्री गहलोत ने दिव्यांगों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आजीविका के लिए कौशल विकास और संबंधित बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेश के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है

साथ ही नामांकन भरते समय सिर्फ चार लोग ही साथ जा सकेंगे

वहीं जिले के नावां विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में हुए कम मतदान वाले गांव में स्वीप टीम के कर्मचारियों ने मतदान जागरूकता का संदेश दिया

हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब दो लाख तीस हजार मतदाता है जो अपने मतदान का उपयोग करेंगे लेकिन मुद्दा सिर्फ मीठा पानी होगा

नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है जिसके प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लगने की संभावना है इससे पहले आज दिल्ली में दिनभर भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों की अलग अलग स्थानों पर बैठकों का दौर जारी रहा भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्री और विघायक भी संभावित सूची को लेकर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं दूसरी ओर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति कल होने वाली बैठक में पहली सूची के नामों पर मुहर लगेगी कांग्रेस की स्कीनिंग कमेटी के सदस्यों ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में बैठक की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस इस बार अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहमति से ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय करेगी

जयपुर में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार की विफलता के कारण पिछले पांच साल में राज्य में महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध बढे हैं

श्री चतुर्वेदी ने कहा कि देश नैना साहनी जेसिका लाल और भंवरी देवी हत्याकाण्ड की हकीकत जानता है

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है

मौसम विभाग का कहना है कि पहाडी क्षेत्रों के रास्ते से आये पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के कारण तापमान बढ रहा है दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोम के फिर से आने के बाद प्रदेश में सर्दी का असर बढेगा

हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि कैनाल में पानी छोडने के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

छत्तीसगढ के कांकेर जिले में तैनात महेन्द्र सिंह बीएसएफ में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे

बाडमेर जिले के बालोतरा में टैंक की सफाई करते तीन युवक बेहोश हो गये

सवाईमाघोपुर जिले के शिवाड कस्बे में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया